राज्य सरकार उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने को तैयार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी आज पटना में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि वे इस घटना से बहुत आहत हैं श्री कुमार ने कहा कि सरकार इस मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच करवाने को तैयार है इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता से चर्चा की गयी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सीबीआई रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में सीबीआई द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा ब्रजेश ठाक्र द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति जमा करने का भी खुलासा हुआ है प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने की तैयारी में है इधर जिला प्रशासन ने ब्रजेश ठाकुर के तीन हथियारों का लाईसेंस रद्द कर दिया है और उसे जिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति से भी हटा दिया है सूचना और जनसंपर्क विभाग ने उसके दो अखबारों की भी मान्यता खत्म कर दी है इस कांड में संलिप्तता सामने आने के बाद ब्रजेश ठाकुर की कई संस्थाओं को काली सूची में डाला जा चुका है इधर राज्य के विभिन्न बालिका सुधार गृहों में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर जांच शुरू हो गयी है आज पूर्वी चंपारण जिले में प्रशासन की टीम ने मोतिहारी के बरियारपुर स्थित बालिका गृह पहुंचकर छानबीन की जांच टीम के सदस्यों ने बंद कमरे में बालिका गृह के कर्मचारियों से पूछताछ की और कई दस्तावेज भी जब्त किये राज्य सरकार ने माना है कि समाज कल्याण विभाग मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड को समय रहते रोकने में विफल साबित हुआ है विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा है कि टाटा सामाजिक अनुसंधान संस्थान टीआईएसएस से ब्रजेश ठाकुर के संस्थान द्वारा चलाये जा रहे बालिका गृह की जांच का फैसला राज्य सरकार ने ही लिया था उन्होंने कहा कि ब्रजेश ठाकुर की संस्था के खिलाफ रिपोर्ट की प्रिंटिंग में देरी के कारण कार्रवाई में विलंब हुई उन्होंने कहा कि इस कांड में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विभाग की ओर से ब्रजेश ठाकुर की संस्था को कोई भी कार्य आदेश जारी नहीं किया गया है जदयू विधायक बीमा भारती के बड़े पुत्र दीपक कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी विधायक के पुत्र का शव पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल के पास रेल पटरी के नजदीक बरामद किया गया बीमा भारती ने अपने पुत्र की हत्या की आशंका जताई है विधायक ने पूर्व विधायक शंकर सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है पटना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है पुलिस ने मृतक के दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक से मामले की जांच के आदेश दिये हैं श्री कुमार ने विधायक के घर पर जाकर उन्हें सांत्वना दी मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरी सरैया स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने आज दस लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि छह से सात की संख्या में आये अपराधियों ने बैंककर्मियों और ग्राहकों को हथियार के बल पर कब्जे में लेने के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया अपराधी बैंक के सुरक्षा गार्ड की राईफल भी छीनकर भाग गये

सभी मृतक बेगूसराय और खगड़िया जिले के रहने वाले बताये जाते हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार कलबुर्गी में एक सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण के दौरान अचानक क्रेन के गिर जाने से उसके नीचे दबकर सबों की मौत हो गयी इस दुर्घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गहरी संवेदना जताते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों का समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है निगरानी जांच ब्यूरो ने आज पटना जिले के चौक थाना के सहायक अवर निरीक्षक विनय कुमार सिंह को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार पुलिसकर्मी एक मामले को दबाने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत ले रहा था

हत्या के आरोप में दोषी करार दिये जाने के बाद कैदी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया मुंगेर के मुर्गियाचक इलाके में बोरबेल के गड्ढ़े से सुरक्षित निकाली गयी तीन वर्षीय बच्ची सन्नो का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है चिकित्सकों ने बच्ची की स्थिति खतरे से बाहर बतायी है मुंगेर सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए बच्ची को पीएमसीएच रेफर किया गया था केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि ठेके की खेती के तहत देश के किसी भी किसान को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जायेगा आज राज्यसभा में एक सवाल का उत्तर देते हुए श्री सिंह ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि किसानों और खेती के प्रायोजकों के बीच बाजार के संबंधों को विकसित करने के लिए सरकार ने एक प्रगतिशील और सुविधाजनक मॉडल एक्ट बनाया है इसका उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं और कीमत की जोखिमों को कम करना तथा मार्केटिंग को बढ़ावा देना है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कोसी गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कोसी नदी का पानी सुपौल जिले के कई गांवों में प्रवेश कर गया है जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के दोस्तियां दक्षिणी गांव के पास बागमती नदी में लगातार कटाव जारी है तटबंध से मुख्यधारा की दूरी लगभग डेढ़ सौ मीटर ही रह गयी है जल संसाधन विभाग के कर्मी कटाव रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं वहीं बेगूसराय जिले के वाया नदी में जलस्तर बढ़ने से दादूपुर घाट पर बना पुल धंस गया है जिससे कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ी राज्य की सीमा के आसपास सक्रिय है जिस कारण इन इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मोहनियां में सबसे अधिक सात सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी

प्रधानमत्री जन धन योजना में इस वर्ष जुलाई के अंत तक कुल बत्तीस करोड़ सत्रह लाख खाते खोले गए जिसमें अस्सी हजार करोड़ रूपये जमा हुए हैं कुल खातों में से उन्नीस करोड़ खाते ग्रामीण और अर्द्व शहरी केन्द्रों के हैं इनमें से सत्रह करोड़ खाते महिलाओं के हैं वित्त राज्य मंत्री शिवप्रकाश शुक्ला ने लोकसभा में यह जानकारी दी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसका वैध टोल फ्री नम्बर एक नौ चार सात है जो पिछले दो वर्षो से काम कर रहा है प्राधिकरण ने कहा है कि इसके अलावा कोई अन्य नम्बर जारी नहीं किया गया है मीडिया रिपोर्टो में एक अन्य टोल फ्री नम्बर की खबर आने के बाद यह स्पष्टीकरण आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म लेने के बाद से स्नातक की शिक्षा तक राज्य सरकार सहायता देगी पटना में इस योजना की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि इसपर हरेक साल दो हजार दो सौ इक्कीस करोड़ रुपये खर्च होगा समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार बेटियों को बचाने और पढ़ाने की दिशा में कई कार्यक्रम चला रही है उन्होंने लोगों से लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे आने की अपील की पटना उच्च न्यायालय ने सुजन घोटाला मामले के दो आरोपियों पंकज कुमार झा और हरिशंकर उपाध्याय की जमानत याचिका खारिज कर दी है भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के हरिओ गांव के पास देर रात कुख्यात अपराधी देवा सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गयी

राज्य सरकार उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने को तैयार